प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बजट में घोषित नये सुधारों से देश की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत होगा और हर नागरिक वित्तीय रूप से सशक्त बनेगा श्री मोदी ने टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में कहा कि सरकार ने रोजगार सूजन के लिए चार क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है ये हैं कृषि बुनियादी ढांचा वस्त्र और प्रौद्योगिकी बाइट बजट में कृषि क्षेत्र के लिये इंटिग्रेटेड अपरोच अपनाई गयी जिससे परंपरागत तौर तरीकों के साथ ही हॉर्टिकल्चर फिशरीज एनिमल हजबैंड्री ऐसे क्षेत्रों में वेल्य् एडीशन बढ़ेगा और इससे भी नौजवानों के लिये रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे

श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना नए भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है बाइट आधुनिक भारत के लिये आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही महत्व है इन्फ्रास्ट्रक्वर का क्षेत्र भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा आधार होता है यह सब कोई जानता है

नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से भी व्यापार कारोबार और रोजगार तीनों क्षेत्रों को लाभ होगा देश में सौ एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य सामान्य मानविक हवाई उड्डयन को नई ऊंचाई देगा श्री मोदी ने कहा कि बजट से न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होती है उन्होंने कहा कि बजट स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देकर देश के युवाओं को नई ऊर्जा प्रदान करेगा बजट में घोषित करदाता चार्टर से करदाताओं के अधिकार स्पष्ट होंगे उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए साझा ऑनलाइन परीक्षा किसान रेल और कृषि उड़ान जैसी योजनाओं से समाज के सभी वर्गो को फायदा पहुंचेगा केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने कर ढांचे को सरल बनाने का कदम उठाया है लेकिन अचानक होने वाले बदलाव से करदाता दबाव में न आयें और उन्हें नई व्यवस्था को समझने का समय मिले इसलिए नई और पुरानी दोनों व्यवस्थाओं का विकल्प रखा गया है श्रीमती सीतारमण ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं के साथ विशेष चर्चा में यह बात कही उन्होंने कहा कि करदाता का भरोसा कायम रखने के लिए सरकार ने कर दाता चार्टर लाने की घोषणा की है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से देश में शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप मिलेगा डॉक्टर शर्मा ने आम बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए निनयान्नबे हजार तीन सौ करोड़ रूपये की राशि के आवंटन का जिक करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा को ग़रीब और वंचित वर्ग की पहुंच में लाने में आन लाइन परीक्षा कार्यकम अहम भूमिका निभायेगा यह कार्यकम देश के सौ शीर्ष संस्थानों द्वारा शुरू किया जायेगा उन्होंने कहा कि अभी तक धन की कमी की वजह से उच्च शिक्षा से वंचित रहने वालों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल सकेगा डॉक्टर शर्मा ने कहा कि भारत प्राचीन समय से उच्च शिक्षा का केन्द्र रहा है और आम बजट के प्रस्तावित स्टडी इन इंडिया कार्यकम विदेशी विद्यार्थियों को भारत में शिक्षा के लिए आकर्षित करने में अहम कड़ी होगा उप मुख्यमंत्री ने कहा शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने से शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार आयेगा केन्द्रीय श्रम और रोज़गार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि आम बजट देश के किसानों और सभी वर्गो को ध्यान में रखकर बनाया गया है

श्री गंगवार आज अपने गृह जनपद बरेली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आम बजट में जो प्रावधान किये गये हैं वह सराहनीय ह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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चंदौली के नक्सल प्रभावित नौगढ़ तहसील के अमदहा गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का शुभारम्भ किया प्रदेश व्यापी इस कार्यकम के तहत राज्य के सभी ज़िलों के बयालीस सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आरोग्य मेलों का आयोजन किया गया इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य और चिकित्सीय सेवा सुलभ कराना है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जागरूकता के इस अभियान में स्वैच्छिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों की सकिय सहभागिता भी ज़रूरी है बाइट जितने स्वास्थ्य मेले आरोग्य मेला लग रहे हैं आज से प्रारम्भ हो रहे हैं हर सप्ताह हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के गोल्डन कार्ड भी बनेंगें उनके वितरण की व्यवस्था भी होगी इसके साथ ही वहां पर मिशन इन्द्रधनुष का हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं से आच्छादित करने की व्यवस्था प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हर सप्ताह उपलब्ध रहेगी जिससे यह देश की बहुत बड़ी स्वास्थ्य जागरूकता का एक अभियान भी है और स्वास्थ्य जागरूकता के इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभिन्न चिकित्सीय संगठनों के साथ ही जनपतिनिधियों की सहभागिता समाज के जागरूक और सामाजिक स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता भी अत्यंत आवश्यक है कार्यकम के दौरान मुख्यमंत्री ने अन्नप्रासन और गोद भराई के साथ साथ साइकिल वितरण भी किया इसके अलावा उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ढ़ाई करोड़ रूपये से अधिक के चेक वितरित किये तथा आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को गाल्डन कार्ड भी बांटे चंदौली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने देवखत गांव में महषि सेवा संस्थान में महर्षि वाल्मिक की प्रतिमा का अनावरण किया गौरतलब है कि अभी तक मरीजों के स्वास्थ्य की जांच और उपचार की सुविधा प्रत्येक रविवार को सिर्फ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ही उपलब्ध थी अब ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को उपचार और जांच की सुविधा स्थानीय या निकटवर्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध होगी आरोग्य मेले में टीबी मलेरिया डेंगू दिमागी बुख़ार काला ज़ार जैसी गंभीर बीमारियों की जांच की जायेगी राज्य सरकार सीतापुर ज़िले के नैमिषारण्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही कई योजनाएं शुरू करेगी यह जानकारी आज नैमिषारण्य में पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव जितेन्द्र कुमार ने मीडिया को दो श्री कुमार ने बताया कि आधारभूत जरूरतों के साथ साथ पर्यटकों की सुविधा के लिए इस क्षेत्र में विज़िटर फेसिलिटी सेन्टर बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि चौरासी कोसी परिकमा मार्ग के सुधार के अलावा पड़ाव स्थल की व्यवस्था की जायेगी इसके अलावा आरोग्य पार्क प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पुरोहित ट्रेनिंग सेन्टर ग्रामीण ऑडिटोरियम और यूथ हॉस्टल की स्थापना भी की जायेगी श्री कुमार ने कहा कि क्षेत्र के पौराणिक महत्व को देखते हुए ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तज पर नैमिष तीर्थ विकास परिषद का गठन किया जायेगा और परिकमा मेले को प्रांतीय मेले का दर्जा दिया जायेगा कोरोना वायरस प्रभावित चीन के वुहान से तीन सौ तेइस भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का दूसरा विमान आज सुबह नई दिल्ली पहुंचा आज आने वाले विमान में तीन छोटे बच्चों और छात्रों सहित कुल दो सौ सत्ताइस पुरूष और चौरान्नबे महिलाएं हैं इनमें उत्तर प्रदेश के तिरपन लोग शामिल हैं एयर इंडिया के दो विमानों द्वारा अब तक छह सौ पैतालीस लोग वुहान से निकाले जा चुके हैं इससे पहले तीन सौ चौबीस भारतीय शनिवार को एयर इंडिया के पहले विमान से भारत वापस आ चुके हैं चीन की यात्रा करने वाले केरल के एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संकमित होने के रविवार को पुष्टि होने के साथ ही भारत में इस बीमारी का दूसरा मामला सामने आया है भारत में कोराना वायरस का पहला मामला केरल में ही दर्ज किया गया था जहां एक छात्र के इससे पीड़ित होने की पुष्टि हुई थी